मामले की सुनवाई के लिए गठित संविधान पीठ से न्यायमूर्ति यूयू ललित के अलग होने के कारण पीठ का पुनर्गठन किया जाएगा सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील राजीव धवन ने पीठ को बताया कि न्यायमूर्ति यूयू ललित उन्नीस सौ चौरानवे में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की ओर से अदालत में पेश हुए थे हालांकि उन्होंने कहा कि वे न्यायमूर्ति यू यू ललित को हटाने की मांग नहीं कर रहे हैं लेकिन न्यायमूर्ति ललित ने स्वयं सुनवाई से अलग होने का फैसला किया प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली इस पीठ के अन्य सदस्य हैं न्यायमूर्ति एसए बोबडे एनवी रमणा और डीवाई चंद्रचूढ़ पीठ ने अपने आदेश में कहा कि उच्चतम न्यायालय रजिस्ट्री सीलबंद पवास बक्सों में रखे गए रिकार्ड की जांच करेगी शीर्ष न्यायालय ने कहा कि इनमें से कुछ दस्तावेज संस्कृत अरबी उर्द हिन्दी फारसी और गुरमुखी में हैं इसलिए इनका अनुवाद किए जाने की आवश्यकता है पीठ ने कहा कि इसके लिए अगर जरूरी हुआ तो सरकारी अनुवादको की सेवाए ली जा सकती हैं विभिन्न हिन्दू संगठन अयोध्या में विवादित स्थल पर राम मंदिर के जल्द निर्माण के लिए अध्यादेश लाने की मांग कर रहे हैं

राज्यसभा ने कल रात इसे पास किया लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है इस विधेयक में सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश में दस प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान है राज्यसभा में मत विमाजन के दौरान एक सौ पैंसठ सदस्यों ने इसके पक्ष में और सात सदस्यों ने विरोध में मतदान किया विघेयक अब मंजूरी के लिए राष्ट्रपति को भेजा जा रहा है विघेयक पर राज्यसभा में दस घंटे तक चली बहस का उत्तर देते हुए केन्द्रीय सामाजिक न्याय और अंधिकारिता मंत्री थावर चन्द गहलोत ने कहा कि विधेयक अच्छी मंशा के साथ लाया गया है जिसका उद्देश्य लक्षित लाभार्थियों को आर्थिक और शैक्षिक रूप से सशक्त बनाना है कानून और न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए सदन को आश्वासन दिया कि इससे मौजूदा आरक्षण में किसी प्रकार का बदलाव नहीं होगा उन्होंने कहा कि इस विधेयक के तहत राज्यों को लाभार्थियों के लिए आय के मानदंडों के बारे में फैसला करने की छूट होगी

आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कहा कि श्री गांधी की टिप्पणी आपत्तिजनक और महिला के सम्मान के खिलाफ थी आयोग ने इस व्यवहार के लिए श्री गांधी की निंदा भी की

श्री राठौड़ पुणे के दो दिन के दौरे पर हैं उन्होंने कल बालवाड़ी खेल परिसर में खेलो इंडिया युवा खेल के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लिया इस दौरान बुद्विजीवी सम्मेलन में उन्होंने सिम्बोयसिस संस्थान के छात्रों से भी बातचीत की

राज्यपाल ने कहा कि कुंभ का पर्व देश की सांस्कृतिक विरासत और आध्यात्मिकता का प्रतीक है उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था यूनेस्को ने कूम की भव्यता और आस्था के चलते इसे मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की संज्ञा दी है श्री नाईक ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा कुंम में आने के लिये विभिन्न प्रदेशों के राज्यपाल एवं मुख्यमंत्रियों को भी आमंत्रित किया गया है कृंम में आने वाले श्रद्वालुओं और पर्यटकों को जहां कृंम एवं भारतीय संस्कृति से परिचित कराया जायेगा वहीं कला और संगीत की भी मनमोहक प्रस्तुतियां होंगी

विश्व हिन्दी दिवस पर आज नई दिल्ली में एक कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उनके मंत्रालय ने हिन्दी को लोकप्रिय बनाने के लिए कई कदम उठाये हैं उन्होंने छात्रों को हिन्दी पढ़ाये जाने और इसे बढ़ावा देने के लिए केन्द्रीय हिन्दी संस्थान की सराहना की